लोकसभा में आधार संशोधन विधेयक पेश नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पैंतालिस लाख से अधिक लोगों को मिला सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में रोजगार उच्चतम न्यायालय ने दिमागी बुखार मामले में केन्द्र और बिहार सरकार के साथ उत्तर प्रदेश से भी मांगा जवाब संसद के दोनो सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर कल चर्चा शुरू हुई पशुपालन और मत्स्य पालन राज्यमंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर प्रकाश डाला उन्होंने मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में शुरू किये गये प्रत्यक्ष लाम अंतरण के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोगों ने एक बार फिर भारी जनादेश देकर मोदी सरकार पर अपना भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि देश के विकास में केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं राष्ट्र निर्माण में केन्द्र और राज्य सभी भागीदार होते हैं हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं लेकिन अपने देश की विकास गाथा में एकसमान हितधारक हैं

धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू करते हए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने सिर्फ यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का नाम भर बदला है डीएमके पार्टी के टी आर बालू ने सरकार पर दो हजार चौदह के आम चुनावों के दौरान किये गये वायदों को पूरा नही करने का आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने मॉब लिंचिंग और ईवीएम का मुद्रा उठाया बीजू जनता दल बहुजन समाज पार्टी जनता दल यूनाइटेड और तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित अन्य दलों के सदस्यों ने भी बहस में भाग लिया राज्य सभा में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में बढ़ रही है हाल के चुनावों में मिले जनादेश से यह स्पष्ट है जो सेंट्रल प्वाइंट था वो ये था कि गरीब के विकास के लिए और भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए सारी पॉलिसीज गरीब को केन्द्रित करके बनेगी और उसको हम ध्यान में लेकर के चलेंगे इस बात को हमने कहा था और इसी बात के लिए कुछ मंत्र भी तय किये थे सबका साथ सबका विकास सबको साथ ले करके चलना और सबका विकास करना इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे चर्चा शुरू करते हुए विपक्ष के नेता कांग्रेस के गुलाम नवी आजाद ने जम्मू कश्मीर में फौरन विधान सभा चुनाव कराने की मांग की उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को रोजगार सुजन और देश की आर्थिक वृद्वि पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए किसानों के लिए कुछ करने की बहुत जरूरत है इसी तरह से इम्पलायमेंट जनरेट करने की बहुत जरूरत है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन तमाम मुद्दों की तरफ ध्यान देगी केन्द्रीय विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस कल लोकसभा में पेश किया यह इस वर्ष मार्च में लाए अध्यादेश का स्थान लेगा और इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रस्ताव है विधेयक में आधार में संशोधन की व्यवस्था है और भारतीय टेलीग्राफ कानून अट्वारह सौ पच्चासी तथा धनशोधन अधिनियम दो हजार दो में संशोधन की भी व्यवस्था है क्षियक में अट्ठारह वर्ष का होने पर बायोमैट्रिक पहचान से बाहर होने का भी विकल्प है आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक से उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन होता है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसी चिंताएं निराधार हैं यहां पर जितने भी मुद्दे उठाये गए हैं उनका निराकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक रूप में कर दिया गया है उन्होंने स्पष्ट किया है कि आधार सही कानून है आधार राष्ट्रीय हित में है आधार किसी की निजता का उल्लंघन नही करता मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इसका अनुपालन अनिवार्य नहीं है सिम कार्ड लेने के लिए आधार अथवा अन्य किसी भी दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम दो हजार चार में सुधार करने की बात है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विशेष आरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस लोकसभा में पेश किया यह पहर्ले के अध्यादेश की जगह लेगा और इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम दो हजार पांच में संशोधन करने का प्रस्ताव है सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस वर्ष इक्कतीस मार्च तक करीब साढ़े पांच लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता दी गई है जिनमे लगभग सवा पैंतालिस लाख लोगों को रोजगार मिला है सूक्ष्म लघु और मक्यम उद्योग मंत्री नितिन गड़करी ने कल राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर अमल के जरिए देश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या को स्थाई आधार पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है बेहतर ऋण सुविधा तकनीकी उन्नयन और कुशलता बढ़ाकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के समूचे माहौल को बढ़ावा देने का किया जा रहा है गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के तहत जिन प्रमुख योजनाओं पर काम हो रहा है उनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्लस्टर विकास कार्यक्रम शामिल है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि लोग अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लगाए गए आपातकाल का बचाव करते है उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने उस समय मुख्य भूमिका निमाई थी उन्हें बाद में आने वाली कांग्रेस सरकारों में बढ़ावा दिया गया कल नई दिल्ली में विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय फाउंडेसन द्वारा आयोजित आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय युगविषय पर आयोजित चर्चा में भाग लेते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष ने यह बात कही बहुजन समाज पार्टी ने भविष्य में सभी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कल एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले के पीछे हाल के लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी का व्यवहार रहा है

मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव के शासन काल में दलित विरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था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 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बिहार सरकार से राज्य में उपयुक्त चिकित्सा सुक्विाओं पोषण और स्वच्छता की स्थिति पर हलफनामा देने को भी कहा है सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस तरह की मौतें पहले उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी हैं न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है एक याचिका में इस बीमारी के पहले के केन्द्र प्रदेश के गोरखप्र में दिमागी बुखार की रोकथाम के हरसंभव उपाय करने और प्राथमिक उपचार के लिए निर्देश देने की मांग की गई है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 नीति आयोग आज नई दिल्ली में स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी करेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार रिपोर्ट का विमोचन करेंगे इस अवसर पर आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन और विश्व बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे रिपोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी प्रशासन प्रक्रियाओं परिणामों और नीतिगत हस्तव्वेप के प्रभाव पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से तैयार की गई है प्रदेश में मॉनसून की दो दिन पहले पूर्वी क्षेत्रों में हुई दस्तक के बाद अब यह पश्चिम की ओर बढ़ रहा है पूर्वी क्षेत्र के कई हिस्सों में वर्षा होने से लोगों और किसानों ने राहत महसूस की कल राज्य के मध्य और पश्चिम के कई भागों में प्री मानसून वर्षा का क्रम जारी रहा बरेली सम्मल और रामपुर में वर्षा होने से मौसम खुशगवार हो गया सीतापुर में रोपहर बाद वर्षा से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली हमीरपुर में दोपहर में तेज वर्षा हुई मुरादाबाद मंडल के सभी जनपदों में कल रूक रूककर हल्की से मध्यम वर्षा हुई औरैया जनपद में गरज चमक के साथ वर्षा हुई इस बीच प्रदेश में बारिश के दौरान अलग अलग घटनाओं में कुल सत्रह लोगों की मौत हो गई जबकि उन्नीस लोग घायल हो गये